मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने अपने प्रमुख सचिव एसपी गोयल पर कथित भ्रष्टाचार के आरोंप की जांच के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार को निर्देश दिये हैं

लखनऊ निवासी व्यापारी अभिषेक गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उसे अपने पेट्रोल पंप लगाने के लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता है और इसके समाधान के लिए वे स्वयं श्री गोयल से मिले थे श्री गुप्ता ने अपनी शिकायत ई मेल के माध्यम से राज्यपाल रामनाईक को प्रेषित किया था और राज्यपाल ने प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को प्रेषित कर दिया था उधर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के प्रभारी की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में श्री गुप्ता के विरूद्व मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मामले की जांच के लिए श्री गुप्ता को हिरासत में ले लिया है

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खामियां दूर करने के लिए राशन कार्ड को आधार के साथ जोड़ना चाहतो है केन्द्र सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा बाइट हमने मंत्रालय की तरफ से कभी आदेश नहीं दिया है कि जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है उनको राशन नहीं दिया जाये

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधार से जोड़ने के केन्द्र सरकार के फैसले से न केवल राशन प्रणाली में होने वाली गड़बडो को रोका जा सका है बल्कि इसमें भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है यह योजना लाभार्थियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हो रही है चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री तथा सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि राज्य में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बनाई गई निवेशोन्मुखी नीतियां निवेशकों को बड़ी संख्या में प्रोत्साहित कर रही है श्री सिंह कल राज्य में निवेशकों के अवसर विषय पर प्रजेन्टेशन में भाग ले रहे थे इस अवसर पर अमेरिका के राजदूत केनेथ आई जेस्टर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अमेरिकी कम्पनियों के निवेश से जहां प्रदेश और देश को नई गति मिलेगी वहीं इनके अमेरिका के साथ आर्थिक सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई औद्योगिक नीतियां निवशकों को प्रोत्साहित करेंगी आज बस्ती में ग्राम स्वराज अभियान कार्यक्रमों में भाग लेते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना है उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की है केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि केन्द्र सरकार की सभी योजनाएं जनहितकारी है और इनको जनता तक पहुंचा कर उन्हें इनका लाभ दिलवाने की आवश्यकता है श्रीमती गांधी आज पीलीभीत जनपद में दो दिवसीय भ्रमण के दौरान लोगों के बीच जन सम्पर्क कर रही थी उन्होंने कहा कि अधिकारी योजनाओं से संबंधित लोगों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराये श्रीमती गांधी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मतदाताओं के साथ सामजस्य बढ़ाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए आगे आये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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर खीरी में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित किया उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकारों द्वारा लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई है जिनका वे विकास के लिए लाभ उठाये

योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही और हीला हवाली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है उन्होंने राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने की आवश्यकता पर बल दिया प्रदेश में संचालित परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को पाठ्य प्रस्तके स्कूल बैग तथा यूनीफार्म का वितरण समय से ज्लाई माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह ने कल लखनऊ में आयोजित मंडलीय सहायक शिक्षा अधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान यह निर्देश दिये

अधिकारियों को कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षिक स्तर में सुधार तथा विद्यालयों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाये

फैजाबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि है इस समझौते के अनुसार केन बेतवा नदी का पचहत्तर प्रतिशत पानी मध्य प्रदेश और बाईस प्रतिशत पानी उत्तर प्रदेश को मिलेगा तथा तीन प्रतिशत पानी रिजर्व रखा जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विलूप्त नदियों को जलमग्न करने का प्रयास कर रही है जिसमें आठ पौराणिक नदियों को चिन्हित किया गया है राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि सास्कृतिक और संस्कारों की प्रासंगिता बनाये रखना आवश्यक है उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है हमें इसकी प्रासंगिता बनाये रखने की आवश्यकता है श्री नाईक आज लखनऊ में भारतीय संस्कृति उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमें संस्कृति के साथ संस्कारों को भी ध्यान में रखना चाहिए उन्होंने कहा कि संस्कृति को बनाने में बुद्धिजीवियो साहित्यकारों और कलाकारों का योगदान होता है राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई स्थानों पर आज वर्षा होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है तेज हवाओं और वर्षा के चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई राजधानी लखनऊ में सुबह वर्षा के चलते जहां मौसम सुहावना हो गया वहीं कई स्थानों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई